विभिन्न राज्यों में फंसें प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश लाने की कवायद तेज ऐसे प्रवासियों को कराना होगा पंजीकरण

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा

साथ ही अन्य राज्यों के लोग जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में बनाये गए आश्रय स्थलों में रह रहे हैं उन्हें भी उनके राज्य भेजे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं इसके लिए राज्यों के बीच सहमति बनाई जा रही है और यह कार्य चरणबद्व तरीके से किया जायेगा मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कल रात एक उच्च स्तरीय बैठक कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की

पंजीकृत प्रवासी और श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि तथा समय पर उनके घर जाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हों चिकित्सा विभाग को ऐसे सभी प्रवसियों की स्क्रीनिंग करने परिवहन विभाग से बसों की व्यवस्था करने तथा और जिला प्रशासन से राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था करने को कहा गया है राज्य सरकार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

उधर हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि वहां कोरोना के मामले भले बढ़े हों लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार स्वस्थ भी हो रहे है

कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने इससे संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है

उन्होंने बताया कि इससे काश्तकारों को सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए अच्छे दाम पर अपनी उपज बेचने का नजदीक स्थान पर ही वैकल्पिक प्लेटफार्म उपलब्ध हो सकेगा

प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी औद्योगिक इकाई में श्रमिक या कार्मिक के संक्रमित पाये जाने पर इकाई या प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी उद्योग विभाग के अतिरिक्ति मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी स्पष्टीकरण आ गया है

इसके माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं

प्रदेश में इस अवसर पर बड़ी संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते है लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते बहुत कम विवाह आयोजित हो रहे है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक श्भकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ सुखी एवं समृद्ध जीवन की कामना की है श्री गहलोत ने कहा कि अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्यो के लिए श्भ माना जाता है लेकिन बाल विवाह जैसी कुप्रथा बालक बालिकाओं के सुखद जीवन के लिए अभिशाप है उन्होंने अपील की है कि कोरोना महामारी के चलते लोग मॉडिफाइड लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर ही यह त्योहार मनाएं

चूरू जिले के बीदासर सरदार शहर और रतनगढ में बारिश के साथ ओले भी गिरे करौली में देर रात धूलभरी आंधी चली और हल्की बूंदा बांदी भी हुई मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने राज्य के बीकानेर जोधपुर अजमेर भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है